मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ रूपये से अधिक की बजट मांगों को विधानसभा में पेश किया

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विधान परिषद के पटल पर बजट रखा बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है बजट में बुनियादी ढांचा सामाजिक सुरक्षा और युवाओं को रोजगार देकर उनके विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है बजट में गौतमबुद्व नगर जिले में बनने वाले जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये दो हजार करोड़ रूपये मेरठ से प्रयागराज के बीच प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस ये परियोजना के लिये भी दो हजार करोड़ रूपये वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिये पांच सौ करोड़ रूपये कानपुर मेट्रो के निर्माण के लिये तीन सौ अट्ठावन करोड़ रूपये आगरा मेट्रो के लिये दो सौ छियासी करोड़ रूपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है बजट में अयोध्या में हवाई अड्डे के लिये पांच सौ करोड़ रूपये का प्रस्ताव है बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है इसके अंतर्गत सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिये दो सौ करोड़ रूपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये भी दो सौ करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की है पूर्वांचल विकास निधि के लिये तीन सौ करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं और वुंदेलखंड विकास निधि के लिये दो सौ दस करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है बजट में दो नयी योजनाओं मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना और युवा उदयमित्र विकास अभियान युवा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में गोखपुर में आयुष विश्वविद्यालय प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और लखनऊ में पुलिस फोरेसिंक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी सरकार ने बजट में हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिये दो सौ सत्तर करोड़ रूपये की व्यवस्था भी की है प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बजट को जन कल्याणकरी बताते हये कहा है कि बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने की ठोस नींव रखी गई है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट राज्य में आधुनिक बुनियादी ढांचे को गति प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और चिकित्सा की आधारभृत संरचना के लिये किए गए प्रावधानों से आमजन को लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में विजन और रोडमैप का अभाव है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बजट को जन आकांक्षाओं के साथ छलावा बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं प्रदेश में नेपाल से जुड़ी सीमा वाले जनपदों महराजगंज सिद्वार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेपाल की सीमा से लगे गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिये विशेषज्ञ दल गठित किया है मंत्रालय के अनुसार इन गांवों में कोरोना वायरस के बारे में सामुदायिक स्तर पर सूचना और जानकारी प्रसार गतिविधियों का निरीक्षण किया जाएगा उधर हरियाणा के मानेसर स्थित सैन्य शिविर में चीन के युहान शहर से लाए गए सभी दो सौ बीस लोग कोविड उन्नीस से संक्रमित नहीं पाये गये हैं नई दिल्ली के छावला में आईटीबीपी शिविर में अलग से रखे गए चार सौ से अधिक लोगों में भी कोविड उन्नीस के वायरस नहीं पाये गये जिसके बाद कल उन्हें अस्पताल से छट्टी दे दी गई इनमें मालदीव के सात नागरिक भी शामिल हैं इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण को लेकर हर जगह एकसमान व्यापक नियम लागू किए जाने की जरूरत नहीं है संगठन ने कहा कि चीन से बाहर इस संक्रमण का बहुत मामूली असर है चीन में इस वायरस के संक्रमण से एक हजार आठ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कल रात रोडवेज की एक बस और कार की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये दुर्घटना कानपुर के विल्हौर क्षेत्र में हुई पुलिस के अनुसार दुर्घटना में कार में सवार सभी पांच लोगों ने मौके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि गंभीर रूप से घायल बस चालक की भी मृत्यु हो गयी